मुख्यमंत्री वीसी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज सोलन और सिरमौर ज़िले के विभिन्न ग्राम पंचायत प्रधानों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आए सभी लोग होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें और अपने परिवार व अन्य लोगों से दूरी बनाए रखें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानों को गरीबों व प्रवासी मजदूरों को भोजन व आश्रय प्रदान करने के लिए भी आगे आना चाहिए

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है इस दौरान ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों को पर्याप्त फंड उपलब्ध करवाए गए हैं वीरेंद कंवर ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत शीघ्र ही बड़े स्तर पर कार्य आरम्भ किए जाएंगे और इनमें तेजी लाई जाएगी उन्होंने आज सिराज विधानसभा क्षेत्र सरोआ खंड के पन्ना प्रमुखों से भी बात की उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे मुख्यमंत्री ने कहा कि निगाह टीम दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के घर का दौरा कर ये सुनिश्चित करें कि होम क्वारंटीन में रहने वाले लोगों के घर में आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हों कोरोना अपडेट प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के दो और नए मामले ज़िला हमीरपुर और कांगड़ा से सामने आये हैं पहला मामला ज़िला हमीरपुर के बड़सर उपमंडल की दांदड़ पंचायत के तेच्छ गांव का है जहां के एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टी हुई है

इसके साथ दो अन्य लोग भी मुम्बई से वापिस लौटे थे जिनमें से एक दांदड् पंचायत के ही कुनवीं गांव का जबकि दूसरा नादौन उपमंडल की पतरैल पंचायत से है

संक्रमित युवक के परिवार में चार सदस्य हैं प्रशासन की ओर से इनके सम्पर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है

उन्होंने फसलोत्तर प्रबंधन व खाद्य विधायन और प्राथमिक कृषि समितियों के लिए बेहतर कृषि अधोसंरचना के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है

सरवीण चौधरी ने कहा कि कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है गोविंद ठाकुर वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाक्र ने हाल ही में बाहरी राज्यों से आए प्रदेश के लोगों से क्वारंटीन के नियमों की ईमानदारी से अनुपालना करने की अपील की है आज कुल्लू ज़िला के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों के निरिक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों में रह रहे प्रदेश के लोगों को वापिस लाने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम किया है और अब कोरोना को रोकने के लिए इन लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है उन्होंने मनाली में अलेऊ पुल के समीप बन रही बाईपास सड़क निर्माण कार्य का निरिक्षण भी किया और इस संबंध मे अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि इस सड़क के बनने से इस क्षेत्र में ट्रैफ़िक जाम की समस्या से निजात मिलेगी किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है

हमारे ज़िला संवाददाता कुंदन लाल के मुताबिक लाहौल स्पिति में इन दिनों आलू बिजाई का कार्य जोरो पर है और लॉकडाउन के बीच किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि बीज खरीद व कृषि कार्यों के लिए मददगार साबित हो रही है ज़िले के किसान जरूरत के समय मिल रही इस राशि से बेहद ख़्श है उनका कहना है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके खाते में दो दो हजार रुपये आए हैं जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है

उन्होंने कहा है कि ग्रामीण उद्यमिता कोरोना संकट से निपटने में कारगर साबित होगी और केंद्र सरकार का आर्थिक पैकेज इस दिशा में उठाया गया एक सही कदम है वहीं ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी केंद्र सरकार के इस पैकेज की सराहना की है

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से वापिस लौटे प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है और ऐसे में पश्पालन स्वरोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है एक सवाल के जवाब में पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायत च्नाव निर्धारित समय पर होंगे और राज्य सरकार जून माह में इसकी समीक्षा करेगी उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा बिंदल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने आज नाहन चिकित्सा खंड की आशा कार्यकर्ताओं को सैनेटाईजर व मास्क वितरित किए उन्होंने कहा कि संकट के इस काल में आशा कार्यकर्ताओं की सेवाओं को देश व प्रदेश हमेशा याद रखेगा

राठौर ने पत्रकारों पर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन की कमियों को सामने लाना आपराधिक श्रेणी में नहीं आता है ऐसे में ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित और द्वेषपूर्ण है उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्र भारत में मीडिया की स्वायत्ता का हनन है और कांग्रेस लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर इस तरह की कानूनी कार्रवाई सहन नहीं करेगी चंबा क्वारंटीन चंबा में भी बाहरी राज्यों से पहुंचने वाले ज़िले के लोगों को पंजाब चंबा की सीमा पर कटोरी बंगला में चिकित्सीय जांच के बाद बॉर्डर क्वारंटीन में रखा जा रहा है

इस दौरान लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव संबंधी पाठन सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है रोहतांग दर्रा सीमा सड़क संगठन ने रोहतांग दर्रे को वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है